प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से चौथे एनर्जी फोरम का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने शत प्रतिशत विदयतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है उन्होंने कहा कि देश की उर्जा संबंधी योजनाओं का लक्ष्य न्यायसंगत उर्जा की उपलब्यता है श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले छह सालों में छत्तीस करोड से अधिक एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है इससे एलईडी बल्ब की कीमतों में बडी कमी आई है आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपने उर्जा के उपभोग को दुगुना करने वाला है साथ ही भारत उर्जा के एक बहुत बडे उपभोक्ता के रूप में उभरेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उदघाटन करेंगे इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत समुद्ध भारत इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को व्यवस्थित सुधारों और निवारक सतर्कता उपायों के जरिये भ्रष्टाचार से निपटने में समर्थ होने के लिए साझा मंच उपलब्ध कराता है तीन दिन के इस सम्मेलन में विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्रों में जांच की चुनौती निवारक सतर्कता वित्तीय समावेशन के लिए सुधार और बैंक धोखाधडी की रोकथाम प्रभावी लेखा जांच भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में हाल के संशोधन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय साइबर अपराध और आर्थिक अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो जनजातीय कल्याण उत्कृष्टता केन्द्रों का उदघाटन करेंगे इससे झारखंड के एक सौ पचास गांवों और तीस ग्राम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती मिलेगी इस योजना में जनजातीय युवा प्रशिक्षण लेकर इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनजातीय कानूनों और नियमों के बारे में जागरूक करेंगे इस मॉडल के तहत जनजातीय युवकों के बीच से ही युवा स्वयंसेवियों को व्यक्ति विकास प्रशिक्षण प्रदान करेंगे इससे उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना आएगी जिसके बाद वे जनजातीय नेताओं के तौर पर अपने समुदाय के लिए काम करेंगे नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि गुरूवार से वंदे भारत मिशन का सातवां चरण शुरू होगा श्री पूरी ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस चरण में और अधिक गन्तव्य स्थलों और उड़ानों को शामिल किया जाएगा उन्होंने कहा कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान विदेशों से चार हजार तीन सौ बाईस लोग स्वदेश लौटे हैं द्मका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गयी है

इस दौरान सामान्य प्रेक्षक देवदत्त शर्मा भी उपस्थित थे उपायक्त ने बताया कि दुमका विधानसभा क्षेत्र में तीन नवंबर को होनेवाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गयी है

विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बैनर्जी और नित्यानंद गौतम और एक निजी कंपनी के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी तीन वर्ष को कारावास की सजा सुनाई है सभी दोषियों पर दस दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है अग्रवाल की कंपनी पर भी साठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है

कोरोना महामारी के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य से संबंधित सामग्रियों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है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

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी चर्चा में भाग लेंगी

राज्यभर में आज दस दिनों का शारदीय नवरात्र भक्ति श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हो गया विभिन्न जिलों में पूजा और हवन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न पूजा समितियों ने इस बार पूरी प्रक्रिया संपन्न करायी मां दुर्गा की विदाई के अवसर पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भक्तों ने देवी दुर्गा से आशीर्वाद लिया दुमका से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये थे हालांकि इस बार रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया इसके अलावा पूजा के अवसर पर लगनेवाले मेले का भी आयोजन नहीं किया गया वहीं लोहरदगा जिले में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बेहद ही सीमित स्तर पर प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया उधर हमारी खूंटी संवाददाता ने खबर दी है कि इस बार वर्षो पुरानी परंपरायें टूटी और मां की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए नहीं ले जाया गया विसर्जन की प्रकिया भी साधारण तरीके से पूरी की गयी इस बीच हमारे हजारीबाग संवाददाता ने खबर दी है कि शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की नौ रूपों की पूजा के बाद आज विजयादशमी के अवसर पर विभिन्न तालाबों में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया खूंटी जिले की पुलिस ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इनके पास से कारतूस मोबाइल फोन संगठन के पर्चे सर्मेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं ये तीनों पैसों की वसूली करने के लिए मुरहू थानाक्षेत्र में एकत्रित हुए थे जिन्हें यहां से गिरफ्तार कर लिया गया ग्मला लोहरदगा मार्ग पर बीती रात अपराधियों ने भाई बहन की पत्थर से कचलकर हत्या कर दी दोर्नो निजी वाहन से लोहरदगा जा रहे थे इसी बीच घाघरा थानाक्षेत्र के चुंदरी गांव के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से लगभग बीस किलोमीटर की दूरी पर इनके वाहन को बरामद किया गया है उन्होंने आपसी मतभेद और लूटपाट की नीयत से घटना को अंजाम दिये जाने की आशंका जतायी है पलामू जिले की पुलिस ने छतरपुर में हुई एक हत्या मामले का उदभेदन करते हुए इस वारदात में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की हत्या कर दी गई थी इस मामले में युवक की प्रेमिका के भाई समेत दो अन्य लोगों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है ग्मला जिले के बसिया प्रखंड स्थित बाघमुंडा जलप्रपात में आज नहाने के कम में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि तीनों बच्चे रांची के नामकोम से अपने परिजनों के साथ यहां पिकनिक मनाने पहुंचे थे इसी बीच नदी की तेज धारा में वे बह गये एनडीआरएफ की टीम ने दो बच्चों के शव बरामद कर लिये हैं